मौसम विभाग ने कहा अगले पांच दिनों तक भारी बारिश से राहत

और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भागलपूर के सुल्तानगंज में शुरू

लगभग अस्सी प्रखंडों के पांच सौ पचपन पंचायतों में छब्बीस लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए है अब तक इकतालीस लोगों की बाढ़ के कारण मौत की खबर है वाल्मिकीनगर बराज से गंडक नदी में और वीरपुर बराज से कोसी नदी में पानी छोड़े जाने के बाद कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है सीतामढ़ी मध्रबनी दरभंगा अररिया सुपौल पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिले में आज कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं बागमती कमला भूतही बलान महानंदा लखनदेई और लालबकिया नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी में बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान हुआ है लखनदेई नदी के पानी के बढ़ने से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गये हैं इधर शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के पचरा गांव में बाढ़ के पानी में स्नान के दौरान पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गयी हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि मीनापुर कटरा औराई और गायघाट प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं मीनापुर में बागमती नदी की धारा में ड्रबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लापता हैं मध्रबनी जिले के पन्द्रह प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है वहीं दरभंगा में कई इलाके अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं दरभंगा सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संतावन का एक हिस्सा विसनपुर के पास बाढ़ में बहने के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है जिले में कमतौल जोगियारा में रेल पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी गुजरने के कारण दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गयी है दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिले में कई स्थानों पर बाढ़ के कारण तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं

पूर्वी चंपारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर कई स्थानों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन बाधित है सुपौल सहरसा कटिहार पूर्णियां और किशनगंज जिले बाढ़ से अत्याधिक प्रभावित हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को मुफ्त दवाएं दी जा रही है लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में बताया कि बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रभावितों तक हरसंभव सहायता पहुंचायी जा रही है

सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु एक मानव संचालन प्रक्रिया बनाई गई है इसलिए बाढ़ पूर्व तैयारियों से लेकर बाढ़ के समय तथा बाढ़ समाप्ति के बाद किये गए कार्यो का स्पष्ट उल्लेख किया गया है राहत कार्यों में कोई कठिनाई न हो इसके लिए वित्तीय नियमों को सरल बनाया गया है प्रत्येक जिले में तथा मुख्यालय में ईओसी इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की स्थापना की गई है

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दल पहले से ही इन इलाकों में तैनात हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि नेपाल में लगातार हो रही वर्षा के कारण बिहार की नदियां ऊफान पर हैं और इससे राज्य में बाढ़ आ रही है राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सहायक जिलाधिकारियों की तैनाती की है बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित सात जिलों शिवहर सीतामढ़ी पूर्वी चम्पारण मध्रबनी अररिया सुपौल और पूर्णियां में ये सहायक डीएम बाढ़ राहत कार्यों में विशेष तौर पर स्थानीय जिला प्रशासन को सहयोग देंगे ये पदस्थापन इस महीने की तीस तारीख तक के लिए की गयी है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ जाने के कारण राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश थम गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में आसमान साफ रहा और तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी इधर उत्तर बिहार के कुछ भागों के साथ ही उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी भारी बारिश से राहत मिलेगी जिससे नदियों के जलस्तर में गिरावट आने की संभावना है केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी एक लाख अठाईस हजार से अधिक ग्राम पंचायतें अपने यहां किए गए कार्यक्रमों और लाभार्थियों को दी गई सहायता के सबूत के तौर पर छायाचित्र अपलोड कर रही हैं बाईट हर पंचायत में कनैक्टिविटी उपलब्ध हो यह हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है

भारत ऑप्टिकल फाइबर से हर दृष्टि से पंचायतों को अपनी वेबसाइट बनाने की आजादी है और अगर पंचायतें हमारे पोर्टल पर जुड़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से हमने उनको सारी सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं पटना के प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर आधारित फिल्म सुपर थर्टी को राज्य में आज से कर मुक्त कर दिया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी घोषणा की इधर फिल्म में आनंद कुमार का किरदार निभा रहे अभिनेता ऋतिक रौशन आज पटना पहुंचे और आनंद कुमार से मिलकर फिल्म का प्रमोशन भी किया संगीत नाटक अकादमी ने अलग अलग आठ विधाओं में प्रस्कारों की घोषणा कर दी है वर्ष दो हजार अठारह के लिए बत्तीस कलाकारों का चयन किया गया है बिहर की जानीमानी युवा भोजपुरी गायिका चंदन तिवारी को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा दो हजार बीस के लिए ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने की तिथि निर्धारित सत्रह जुलाई से बढ़ा कर तेईस जुलाई कर दी है समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि छात्र बिना विलंब शुल्क के तेईस जुलाई तक फार्म भर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामना दी है उन्होंने कहा कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है यह दिन भारत नेपाल और भूटान में हिंदुओं जैन और बौद्वों द्वारा त्योहार के रूप में मनाया जाता है इधर पटना में भी इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने संयुक्त रुप से सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया देवघर में बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवरियों का भागलपुर जिले के सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो गया है भारी संख्या में कांवरियां सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए आते हैं एक माह तक चलने वाले इस मेले से जुड़े भागलपुर बांका और मुंगेर जिलों के अन्तर्गत लंबे कांवरिया पथ पर श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पंडाल शौचालय स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की गई है मेला क्षेत्र में बिजली पानी सफाई और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है कटिहार नगर निगम के महापौर विजय सिंह के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज एक वोट के अंतर से गिर गया श्री सिंह महापौर पद की कुर्सी बचाने में सफल रहे मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना अंतर्गत सुमेरा गांव में अपराधियों ने सुमेरा पंचायत के मुखिया मोहम्म्द आलीशान की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने गोबरसही चौक के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस को घंटों जाम कर दिया और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में गंभीर बनी हुई है बाढ़ की स्थिति

मौसम विभाग ने कहा अगले पांच दिनों तक भारी बारिश से राहत

और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भागलपुर के सुल्तानगंज में शुरू